केन्द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल छह वर्ष प्रे हो गए हैं देश के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोडने के लिए अटठाईस अगस्त दो हजार चौदह को यह योजना लागू की गई थी इस योजना के अंतर्गत अब तक चालिस करोड पैंतीस लाख बैंक खाते खोले गए हैं इन खातों में एक लाख इकत्तीस हजार करोड़ रूपये जमा कराए गए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना से एक बड़ा बदलाव आया है और यह पहल गरीबी उन्मूलन के लिए एक आधार है इस योजना से करोडों लोगों को लाभ पहंचा है श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि यह योजना छह साल पहले उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जिनके पास बैंक में खाता नहीं था प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लाभान्वित होने वाले लोगों में अधिकतर ग्रामीण और महिलाएं हैं श्री मोदी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों की भी सराहना की योजना की छठी वर्षगांठ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना मोदी सरकार के जन केन्द्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस अवसर पर कहा है कि इस योजना के अंतर्गत बैंक खाताधारकों की तिरसठ प्रतिशत संख्या उन लोगों की है जो ग्रमीण क्षेत्रों से आते हैं एक ट्वीट संदेश में श्री जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के शुरू होने से लेकर अब तक चालिस करोड से भी अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा है कि दो हजार चौदह में केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा जनधन योजना को लाया जाना एक ऐतिहासिक फैसला था उन्होंने कहा कि इस योजना से जहां एक ओर विभिनन सरकारी योजनाओं का लाम गरीबों को पूर्ण रूप से मिला है तथा बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है वहीं दूसरी ओर इससे भ्रष्टाचार पर काफी अंक्श लगा है उन्होंने कहा कि यह गरीबी उन्मूलन और लोगों के सर्वागीण विकास के लिये एक आधार स्तम्भ साबित हुआ है हमारी सरकार आने के बाद हर गरीब के घर पर बैंक पहुंचा है

इस प्रकार की यह योजना गरीबॉ को लाम देने के लिये पहुंचाई गई निश्चित रूप से माननीय प्रघानमंत्री जी आम गरीबों तक भारत सरकार की योजनाओं का लाभ पहचाने में सफल रहे है आज हर गरीब का अपना खाता है जीरो बैंलेस पर यह खाता खोलने की व्यवस्था थी

प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना का बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ मिल रहा है महिलाएं सबसे ज्यादा लाभान्वित हई है और इस योजना से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज झांसी में देश के तीसरे केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑन लाइन शामिल होंगे कार्यक्रम में देश के पचहत्तर कृषि विश्वविद्यालयों के छात्र और कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिक भी ऑन लाइन जुड़ेंगे यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति अरविन्द कुमार ने दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिये सभी प्रयास जारी रखने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी गतिविधियां प्रारम्भ होनी चाहिये

उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन पूर्वान्ह नौ से दस बजे तक कोविड संबंधी कार्य करे और दस से ग्यारह बजे कार्यालयों का निरीक्षण तथा ग्यारह से एक बजे तक अपने कार्यालय में जनता से भेंट कर उनकी समस्याओं का समाधान कराये उन्होंने निर्देश दिया कि इसी तरह की व्यवस्था तहसील और विकासखण्ड स्तर पर लागू की जाये उन्होंने पूलिस अधिकारियों को इसी प्रकार की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिये मृख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के संक्रमण के प्रति व्यापक जागरूकता का प्रचार प्रसार इस तरह से किया जाये जिससे संक्रमित लोग सामने आने से घबराये नहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नीट और जेईई परीक्षाओं का समर्थन करती है परीक्षा के दौरान सभी आवश्यक कोरोना प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर छिहत्तर दशमलव दो चार प्रतिशत हो गई है कोविड के वर्तमान मरीजों की तुलना में इस संक्रमण से देश में लगभग साढे तीन गुना लोग ठीक हो चुके हैं अब तक किए गए एहतियाती उपायों के कारण पच्चीस लाख से अधिक रोगी इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं पिछले चौबीस घटों में छप्पन हजार से अधिक मरीज ठीक हुए प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के पांच हजार चार सौ सैंतालिस मामले मिलने के बाद अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बावन हजार छः सौ इक्यावन हो गई है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि अब तक इस बीमारी से प्रदेश में तीन हजार दो सौ चौरानबे लोगों की मौत हुई हैं साथ ही एक लाख सत्तावन हजार से अधिक लोग कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ हुए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सवेरे ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे इसे आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन एआइआर और न्यूज ऑन एआइआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी डी डी न्यूज पी एम ओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा हिंदी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में शाम आठ बजे इसका पुनः प्रसारण भी किया जाएगा उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा तीस सितंबर तक कराने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के छः जुलाई के परिपत्र को बरकरार रखा है शीर्ष न्यायालय ने कोविड नाइटीन महामारी के बीच विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का आदेश देने के अनुदान आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया न्यायालय ने कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते है लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार विमर्श से ही करना होगा राज्यों को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही ये परीक्षाएं करानी होगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए अनुमति लेनी होगी